मतदान शांतिपूर्ण हो रहा है लोगों में देखा जा रहा है विशेष उत्साह केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय कृषि उत्पाद निर्यात नीति को मंजूरी दी देशभर में आज सशस्त्र बल झंडा दिवस मनाया जा रहा है

यहां चुनाव की तारीख की घोषणा निर्वाचन आयोग बाद में करेगा प्रदेश के करीब पौने पांच करोड़ मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे

मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनन्द कुमार ने मतदाताओं से अपील की है कि वे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए लोकतंत्र के इस महापर्व में अवश्य हिस्सा लें

दिव्यांगों और उनके सहायकों को घर से लाने ले जाने के लिए भी परिवहन की व्यवस्था की गई है

लोगों में मतदान के प्रति खासा उत्साह देखा जा रहा है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़ के झालरापाटन में महिला मतदान केन्द्र पर अब से कुछ दर पहले अपना वोट डाला इस बार निर्वाचन विभाग द्वारा किए गए नवाचारों और प्रबन्धों के प्रति भी लोगों में विशेष उत्साह है बीकानेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए इस बार विशेष सुरक्षा इन्तजाम के साथ ही कई नई व्यवस्थाएं की गई है

कृषि उत्पाद निर्यात नीति को मंजूर करने के बाद वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभू ने संवाददाताओं को बताया कि इससे जैविक उत्पादों तथा प्रसंस्कृत उत्पादों का निर्यात किया जा सकेगा इसके तहत फलों और मसालों के निर्यात को बढावा मिलेगा उन्होंने बताया कि कृषि उत्पादों के निर्यात पर से सभी प्रतिबंध हटाए जाएगें हालांकि प्याज आलू तथा इनके जैसी खाद्य वस्तुओं के निर्यात की समय समय पर समीक्षा होगी

यह दिवस प्रत्येक वर्ष सात दिसम्बर को देश को सम्मान और क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले सशस्त्र बल के पुरूष और महिला सैनिकों के सम्मान में ये दिन मनाया जाता है